मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज रिज मैदान पर इस मौके राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगें इस अवसर पर पुलिस जवानों की एक ट्वकड़ी ही सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर परेड करेगी

गेहूं खरीद सरकारी एजेंसिया आज से पूरे देश में गेहूं की खरीद शुरू कर रही हैं इस वर्ष बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि के बावजूद रबी की रिकॉर्ड उपज हुई है और किसानों को अपने कृषि उत्पादों की बिकी के लिए सरकारी खरीद एजेंसियों की मदद की जरूरत है

उन्होंने कहा कि खरीद के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए

उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए ज़रूरतमंदों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण प्रशासन के माध्यम से किया जाना चाहिए

विद्युत बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऑनलाइन विद्युत बिल जमा करने की सुविधा भी उपभोक्ताओं को कई तरीकों से उपलब्ध करवाई जा रही है मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं इधर जनजातीय क्षेत्र किन्नौर व लाहौल स्पीति में बीती रात उंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी जबकि कुल्लू और चंबा में हल्की बारिश हुई

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने लॉकडाउन बढ़ाने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल में मास्क न पहनने पर कटेगा चालान सभी शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद

दैनिक जागरण व हिमाचल दस्तक के एक जैसे शब्द हैं हिमाचल में कफ्र्यू और सख्त बाहर निकलने पर मास्क जरूरी दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार हिमाचल में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर सजा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर थ्रकने पर लगाई पाबंदी

आपका फैसला के मुताबिक हिमाचल में अब मास्क न लगाया तो चालान एफआईआर भी होगी

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है ऊना में एक और कोरोना पीड़ित मिलने से हड़कंप

हिमाचल दस्तक के मुताबिक ऊना में तबलीग से फिर एक पॉजिटिव टांडा में भर्ती मौलवी के संपर्क में आया था युवक दैनिक सेवरा टाइम्स का कहना है सीएम जयराम ने बढ़ाया हिमाचल के कोरोना योद्धाओं का हौसला दिव्य हिमाचल की एक खबर है एक दिन की कटेगी सैलरी सभी सरकारी कर्मचारियों से कोरोना फंड जुटाएगी हिमाचल सरकार आपका फैसला राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के हवाले से लिखता है गैर पंजीकृत श्रमिकों को भी मिले वित्तीय सहायता हिमाचल के गैर पंजीकृत मजदूरों और ठेकेदारों का डेटा तैयार करें अधिकारी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

नमस्कार